बैठक में श्री मोदी एनडीए सरकार की मुख्य योजनाओं और भविष्य के एजेन्डे की संमीक्षा करेंगे इस बैठक में किसानों की समस्याओं और केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें राहत प्रदान करने के लिए किए गए उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है बैठक में सभी केन्द्रीय मंत्रियों को उपस्थित रहने को कहा गया है

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कल नई दिल्ली में वित्त से सम्बद्ध संसद की स्थाई समिति के सामने यह बात कही श्री पटेल ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के पास सरकारी बैंकों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है

नीति आयोग देश के समी जिलों में एटीएल की स्थापना कर नवाचार पारितंत्र को स्थापित करने पर काम कर रहा है इससे प्रौद्योगिकी नवाचार और शिक्षण व्यवस्था में बदलाव आयेगा

उन्होंने बताया कि राजस्थान देश में पहला राज्य होगा जो इतनी बड़ी मात्रा में बायो गैस प्लाण्ट से जैविक खाद तैयार करेगा यह मैन्योर किसानों के लिये खेती में संजीवनी का काम करेगा

इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कल से ऑनलाईन आवेदन शुरू होंगे जो दो जुलाई तक किये जा सके गे अभ्यर्थी बिजली कंपनियों की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मुल्य पर की जा रही चने की खरीद के चार लाख टन के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और किंसानों को राहत देने के लिये चना खरीद के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है

आश्रम प्रबंध द्वारा आश्रम के बाहर के किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है आलावास आश्रम की संचालिका का कहना है कि दाती महाराज पर लगाए गये आरोप निराधार है और वे शनिवार तक दिल्ली में सबके सामने आयेंगे

पुलिस ने इनके पास से पांच दोपहिया वाहन बरामद किए हैं

भामाशाह योजना के तहत जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को ई सखी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए ये मास्टर ट्रेनर्स कार्य करेंगे